विश्व जनसंख्या दिवस आज जिलों में शुरू होगा जनसंख्या स्थिरता माह

हालांकि दूध पार्लर मेडिकल स्टोर अस्पताल इमरजेंसी सर्विस से जूड़े परिवहन साधनों पर यह आदेश लागू नहीं होगा सिर्फ लोगों के बेवजह बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी

इधर इंदौर में कल होने वाले पूर्ण लॉकडाउन के लिए जिला प्रषासन ने दिषा निर्देष जारी कर दिए हैं कलेक्टर मनीष सिंह ने बंताया कि रविवार को किराना फल सब्जी की दुकान सैलून और ठेले पूरी तरह बंद रहेंगे वहीं जिले में औद्योगिक गतिविधियां और परिवहन भी प्रतिबंधित रहेगा श्री सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बेवजह घूमने वालों को अस्थायी जेल में भेजा जाएगा खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां जिले में पर्व विशेष पर बाहर से आने वाले व्यक्तियों के आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है

श्योपुर जिले में आज और कल व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे बुरहानपुर में महाराष्ट्र सीमा सील कर दी गई है मंदसौर में आज से सोमवार सुबह तक टोटल लॉकडाउन रहेगा वहीं शिवपुरी में पहले से ही सात दिन की पूर्ण लॉकडाउन लागू है जो कल तक प्रभावी रहेगा

हालांकि इनमें से साढ़े बारह हजार से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं

सिवनी में कल दो पॉजिटिव मामले सामने आये

कटनी में रेलवे इलेक्ट्रीक लोको सेट के दो कर्मचारियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है

कोरोना मृत्यु दर पिछले एक सप्ताह में राज्य में कोरोना मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है

इसके अतिरिक्त फेसबुक लाइव प्रसारण भी होगा

पंजीकृत व्यवसाइयों के आवेदनों के सत्यापन के बाद सभी पात्रों को कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराई जायेगी

आत्मनिर्भर भारत केन्द्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए इंदौर सांसद षंकर लालवानी ने स्वदेषी राखी की पहल की है इसके तहत सामाजिक और आर्थिक रुप से पिछडी बहनों से ही राखी बनवाई जा रही है इन राखियों को देष की सीमा पर तैनात वीर जवानों को भेजा जाएगा श्री लालवानी ने बताया कि इन सभी महिलाओं को राखी बनाने का सामान निःषुल्क दिया गया है इन राखियों को द्वानों के अलावा ऑनलाइन भी बेचा जाएगा इससे होने वाली आय इन्हीं महिलाओं को दी जाएगी

इस दिन को मनाने का उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना और जनसंख्या नियंत्रण में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है प्रदेश में भी आज कई जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं

जिला परिवार कल्याण अधिकारी डॉजेडी कोरी ने बताया कि इस दौरान चिन्हित नवदंपति को नई पहल किट का वितरण किया जाएगा